उन्होंने कहा कि इस जनादेश में आम लोगों की स्थिर सरकार की चाहत देखी जा सकती है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात से दुख हुआ जब कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल तो चुनाव जीत गए हैं लेकिन देश और लोकतंत्र हार गया है प्रधानमंत्री ने झारखण्ड में भीड़ द्वारा पीट पीटकर युवक की हत्या के मामले में दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि अपराधियों को कानून के अनुसार उपयुक्त सजा मिलनी चाहिये

यदि किसी की जमीन इससे ज्यादा है लेकिन वह बंजर है या पथरीली है तो उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा बैठक में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल के लिए होने वाले करार के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई

इसके अलावा बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल बार के लाइसेंस प्रकिया में सुधार के प्रस्ताव पर मोहर लगी

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र ने ट्वीट संदेश में लोगों से मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले खतरों के प्रति जागरुकता फैलाने और इस समस्या से निपटने में मिलकर प्रयास करने की अपील की है

प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में नशामुक्ति को लेकर जागरूकता कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं इंदौर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा रैली नुक्कड़ नाटक और शपथ के जरिए युवाओं को नशीली दवाओं के नुकसान के बारे में जानकारी दी गई ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर में भी नशामुक्ति के लिये लोगों को प्रेरित करने के लिये रैली निकाली गई रीवा में भी आज एक रैली निकाली गई जिसमें छात्र छात्राएं शासकीय अधिकारी कर्मचारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया बड़वानी में महिला चिकित्सालय से नशामुक्ति की जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई आगरमालवा रायसेन सागर गुना बैतूल डिण्डौरी नरसिंहपुर जबलपुर सतना उमरिया सीधी शिवपुरी धार श्योपुर भिण्ड मुरैना नीमच देवास छिंदवाड़ा खंडवा खरगोन होशंगाबाद सहित विभिन्न जिलों से भी अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार मिले हैं

सम्मेलन का विषय है मानव केन्द्रित भविष्य का समाज सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा वित्तीय स्थिरता आतंकवाद से जुड़े मुद्दों डिजिटल अर्थव्य्वस्था में नवाचार और कम्यूटर आधारित कार्यप्रणाली यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी